आज का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है और इस दौरान विधायक राकेश जम्वाल आशीष बुटेल रमेश चंद धवाला और सुखराम अपने संकल्प प्रस्तुत करेंगे

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल कांगड़ा जिले के धर्मशाला में विकास कार्यों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि नवाचार के माध्यम से कांगड़ा जिला को नशामुक्त और आदर्श जिला बनाया जाएगा उन्होंने जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के शिक्षाविदों के एक शिष्टमण्डल ने कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से मुलाकात की शिष्टमण्डल की मुखिया व स्विनबर्न विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति मोनिका कोनेडी ने कहा कि वे भारत व हिमाचल में तकनीकी शिक्षा पर्यटन और हॉस्पिटेलेटी में निवेश करने की इच्छा से हिमाचल सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं शिष्टमण्डल के सदस्यों ने सदन में विधानसभा की कार्यवाही भी देखी और ई विधान प्रणाली की सराहना की मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों से आज हल्की वर्षा जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व कुल्लू की उंची चोटियों में बर्फबारी होने का समाचार है लाहौल स्पीति के केलंग में दो इंच ताजा हिमपात हुआ है और जिले की उंची चोटियों पर बर्फबारी जारी है हिमपात होने से मनाली लेह मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य प्रभावित हुआ है राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने के बाद अभी भी घने बादल छाए हुए हैं इसके अलावा मंडी ऊना व सोलन सहित अन्य जिलों में भी हल्की वर्षा होने का समाचार है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर विधानसभा में विपक्ष द्वारा कोरोना वायरस पर चर्चा की मांग को लेकर किए गए वाकआउट संबंधी खबर को लगभग सभी समाचार पत्रों ने महत्व दिया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना वायरस के चार और संदिग्ध विधानसभा में हंगामा वाकआउट सरकार खाली करवाएगी तीन अस्पताल आपका फैसला का शीर्षक है कोरोना वायरस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से किया वाकआउट हिमाचल दस्तक के शब्द हैं तीन हुए संदिग्ध रोगी मचा हड़कंप विधानसभा में हंगामा स्थिति की समीक्षा के बाद बोले सीएम घबराने की जरूरत नहीं इसी खबर पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कोरोना वायरस ने दो बार करवाया वाकआउट विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के बयान को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है अगले चुनाव में हारकर घर बैठेंगे ज्यादातर कांग्रेस विधायक पंजाब केसरी के मुताबिक पारदर्शिता से काम कर रही सरकार कोई उंगली नहीं उठा सकता हिमाचल दस्तक के शब्द हैं ये साफ नीति और नियत की सरकार लोगों के दिलों को छुआ जबकि आपका फैसला का कहना है जनहित में काम कर रही हिमाचल सरकार दैनिक भास्कर की एक खबर है एक्साईज फीस फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व डीजीपी मिन्हास का बेटा भगौड़ा घोषित जांच में नहीं हुआ शामिल अग्रिम जमानत याचिका भी हो चुकी है खारिज कालाअंब के कोल्ड सिरप का सेंपल फेल होने संबंधी खबर पर अमर उजाला लिखता है दवा कंपनी के संचालक भूमिगत तलाश में पुलिस ने मारा छापा एसआईटी गठित जबकि दिव्य हिमाचल के अनुसार नकली दवा बनाने वाले भाई गिरफ्तार इसी खबर पर आपका फैसला की सुर्खी है ड्रग विभाग ने सील किया नकली दवा उद्योग का स्टॉक

नमस्कार